बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब वैक्सीन के दोनों डोज के बीच कम से कम चार से आठ सप्ताह का अंतर होगा पहले ये समय सीमा चार से छह सप्ताह की थी मंत्रालय के अनुसार नेशनल टेक्निकल एडवाजरी ग्रूप ऑफ इम्युनाइजेशन एन टी ए जी आई और वैक्सीनेशन एक्सपर्ट ग्रूप के हालिया शोध के बाद यह फैसला किया गया है इस शोध के अनुसार यदि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच छह से आठ सप्ताह का अन्तर होता है तो यह ज्यादा असरदार साबित होगी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान को वैक्सीन पर लागू नहीं होगा मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर नये दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है पत्र में इसके लिए व्यापक रूप से जागरूकता फैलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा गया है प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है अभी पांच सौ बाईस मरीजों का उपचार चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बांका लखीसराय और शेखपुरा में कोविड के एक भी सक्रिय मामले नहीं मिले हैं वहीं पटना में सबसे अधिक दो सौ बयालीस मरीजों का इलाज चल रहा है कल कोविड के नब्बे नये मामलों की पुष्टि हुई सबसे अधिक पटना से तैंतालीस पॉजिटिव मामले सामने आये हैं प्रदेश में स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो एक प्रतिशत है इधर पटना जिले में कोरोना वायरस संक्रमण मामलों की निगरानी के लिए नौ कोषांगों का गठन किया गया है इसके साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का पता लगाने की जिम्मेवारी आशा कार्यकर्ता और एएनएम को दी गयी है इस बीच पटना जिले में बिना मास्क के वाहन चलाने वाले चालकों से जुर्माना वसूला जायेगा और अगर दुकानदार मास्क नहीं लगाये हुए पाये जायेंगे तो दुकान को सील कर दिया जायेगा इसके लिए जिला प्रशासन ने आठ टीम का गठन किया है एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कोविड टीकाकरण अभियान को प्रभावी बताते हुए लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ने से देश भर में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी आयेगी

इसमें पन्द्रह लाख अंठानवे हजार तीन सौ संतानवे लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख इक्यानवे हजार दो सौ उनतालीस लोगों को द्रसरी डोज दी गयी है इधर राज्यपाल फागू चौहान ने कल आईजीआईएमएस में कोरोना का टीका लगवाया विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी कोविड टीके की पहली खुराक ली है देश में अब तक चार करोड़ बहत्तर लाख लोगों को कोविड उन्नीस का टीका लगाया जा चुका है इसमें अठहत्तर लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को पहला टीका और उनचास लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरे चरण का टीका लगाया गया इक्यासी लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहला टीका जबकि अट्ठाईस लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ताओं को दूसरा टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि साठ वर्ष से अधिक उम्र के एक करोड़ चौरानवे लाख से अधिक लोगों तथा गंभीर बीमारी से पीडित पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के चालीस लाख बहत्तर हजार लोगों को टीका लगाया गया है मंत्रालय ने कहा कि कल उन्नीस लाख पैंसठ हजार से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी लॉ कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुये कॉलेजों में योग्य शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों की कमी को देखते हये यह आदेश दिया है इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दायर हलफनामे में शिक्षकों की कमी और कॉलेजों में सुविधाओं के अभाव का जिक्र किया गया था पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से जवाब तलब किया है मामले की अगली सुनवाई तेईस अप्रैल को होगी गौरतलब है कि वर्तमान में बिहार में अट्ठाईस सरकारी और निजी लॉ कॉलेज संचालित हो रहे हैं पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में नियुक्त किये गये सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है न्यायालय ने तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया है याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियुक्ति प्रक्रिया में कई शर्तों का उल्लंघन किया गया है राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण और सड़कों की मरम्मत की निगरानी पटना हाईकोर्ट स्वयं करेगा न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम और नम्बर से अलग अलग याचिकाएं दायर करें उच्च न्यायालय ने भागलपूर से कहलगांव के बीच बन रहे एनएच को एक माह के भीतर पूरा करने का भी निर्देश दिया है कोर्ट ने राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग का रोड मैप भी दाखिल करने का निर्देश दिया है पच्चीस मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई की जायेगी राज्य में तेज पछुआ हवा के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में तापमान में लगभग दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि आज भी तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश और उसके आस पास के क्षेत्रों में चक्रवात बनने के कारण अगले दो दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है जबकि पटना बक्सर भोजपुर रोहतास समेत कुछ जिलों में आंधी आने की आशंका है कल पूर्णिया राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान अड़तीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया केन्द्र सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इस साल फरवरी तक पांच अरब सत्तर करोड़ से अधिक रुपये जारी किए गए हैं वित्त और कार्पोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना को नौ मई दो हजार पन्द्रह को शुरू किया गया था यह योजना अठारह से चालीस वर्ष के उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए है जिनका किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता है इस योजना का लाभ साठ वर्ष की उम्र से मिलना शुरू हो जाएगा इसके तहत एक हजार से पांच हजार रुपये तक की पांच पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं प्रदेश की ग्रामीण सड़कों की देखभाल ग्रामीण कार्य विभाग स्वयं करेगा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इसके लिए आवश्यक कारवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार अठारह से ग्रामीण सड़कों की देखरेख एजेंसियां कर रही हैं जिनमें शिकायत मिल रही थी जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति के सभा करने पर प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार किसी हाट बाजार या भीड़ भाड़ वाले स्थान पर चुनावी सभा करने के लिए अनुमति लेनी होगी उम्मीदवार को स्थानीय थाने में भी सभा के आयोजन की पूर्व सूचनाएं देनी होंगी वहीं कोई भी सरकारी व्यक्ति मतगणना के लिए मतगणना एजेंट नहीं बन सकेगा अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा करता है तो उसे तीन माह की जेल और जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं इधर आयोग ने खर्च की सीमा तय कर दी है जिसके अनुसार जिला पर्षद के प्रत्याशी एक लाख रूपये तक जबकि मुखिया और सरपंच पद के प्रत्याशी चालीस हजार रूपये तक खर्च कर सकते हैं राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में स्थित प्रयोगशालाओं की जांच राजभवन सचिवालय की ओर से गठित कमिटी करेगी नये शैक्षणिक सत्र से पहले राजभवन ने प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और सुद्रढ़ीकरण के लिए कुलपतियों से सुझाव भी मांगा है सूत्रों के अनुसार नये वित्त वर्ष में सरकार की ओर से प्रयोगशालाओं को पांच पांच लाख रूपये दिये जायेंगे राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए व्यवहारिक कक्षाएं सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है केन्द्र सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक लाख उनतीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की धान की खरीद हुई है जिससे एक करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं मंत्रालय के अनुसार छह सौ पचासी लाख टन से अधिक धान की खरीद बिहार समेत कई अन्य राज्यों से की गयी है पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार खरीद में तेरह दशमलव पांच एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है सरकार ने तीन लाख साठ हजार टन से अधिक मूंग उड़द अरहर चने मूंगफली और सोयाबीन की भी खरीद की इससे दो लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेली जा रही बिहार क्रिकेट लीग में पटना पाइलट्स की टीम ने भागलपुर बुल्स को दो विकेट हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की पटना पाइलट्स के समर कादरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया रोहतास जिले की पुलिस ने अवैध खनन और ओवर लोडेड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसठ वाहनों को जब्त किया है पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने ये जानकारी दी बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड के पास से पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्कर के पास से छह पिस्तौल बरामद किया गया है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 हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है सुशांत सिंह की छिछोरे सर्वेश्रेष्ठ हिन्दी फिल्म बनी दैनिक जागरण में मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है बिहार को विकसित बनाना उद्देश्य प्रभात खबर लिखता है कोरोना काल ने बहुत कुछ छीना पर सीख गये हम जीना दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है सरकारी कार्यक्रमों स्कूलों में जरूर गाएं राज्य गीत दैनिक आज ने पैन कार्ड को एकतीस तक आधार से लिंक करायें वरना लगेगा जुर्माना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है